मौसम विभाग ने प्रदेश के आठ पूर्वी जिलों में दी भारी बारिश की चेतावनी

उन्होंने कहा कि दोनों देश सभी आपसी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी देश अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं

एक जुलाई से सरकार ने कम पानी वाले जिलों को ध्यान में रखकर इस महत्वाकांक्षी योजना की श्रुआत की थी जल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्षमता निर्माण और संचार अभियानों के जरिए जन आंदोलन चला कर जल संरक्षण करने के साथ ही सिंचाई क्षमता बढाना है कृल पांच लाख स्थानीय जल संरक्षण संरचनाओं में से दो लाख तिहत्तर हजार जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण उपायों से जुड़ी हुई हैं

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जमाखोरी करता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी

रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है

आज दोपहर एक बजे चुनाव लड रहे छात्र नेताओं का भाग्य मतपेटियों में बंद हो जायेगा इसके बाद कल मतगणना होगी

वहीं कोटा विश्वविद्यालय कैम्पस में स्थित एक महाविद्यालय में चुनाव स्थगित किये गये है

उन्होंने बताया कि दो अभ्यर्थियों का परिणाम तकनीकी कारणों से रोका गया है

हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि राजस्थान के अलावा उत्तरप्रदेश दिल्ली बिहार और अन्य राज्यों से भी श्रद्दालुओं ने इसमें भाग लिया

पीवीसिंधु विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं

ये जिले हैं बांसवाडा बारां ब्रंदी भीलवाडा चित्तौडगढ झालावाड कोटा और राजसमंद

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है उधर राजसमंद में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है

उधर आज चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मानसून सीजन में जिले में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है